भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने महामारी काल में योगदान देने वाले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्वाओं से संवाद भी किया इस दौरान इंदौर की डॉक्टर अंशुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण में सभी विभागों का सहयोग मिला वहीं सागर के डॉ मनीष ने बताया कि मरीज के साथ परिजन साथ नहीं रह पाते इसके लिये हमने वीडियो कॉलिंग से उनकी बात कराकर उनका हौसला बढ़ाया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जो दूसरों को मारे वो दुष्ट आत्मा जो दूसरों को बचाये वो महात्मा लेकिन जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाये वो परमात्मा है उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टरों को धन्यवाद दिया कार्यक्रम को चिकित्सा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और चिकिस्ता शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया उच्चतम न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि सिविल सेवा परीक्षाओं को स्थगित करना असंभव है न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग से एक शपथपत्र देने को कहा था अदालत आगामी बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी

कृषि विधेयक सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने आज कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और सुधार की पहल पर राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की इस साजिश को समझेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था

विश्व पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और पर्यटन विकास निगम के साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पर्यटन क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ की है जबलपुर में प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा की पर्यटन के साथ साथ अन्य आयामों का भी विस्तार होना चाहिए

जिसे कोविड नियंत्रण के लिए प्रयोग कर सकते हैं

प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति पर्यटन विभाग के पोर्टल में जाकर चित्रकला एवं कविता लेखन ऑनलाइन भेज सकता है